राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना कहा उन्हें गरीबों की नहीं वोट की चिंता है आयकर देकर देश के विकास में अपना योगदान दे राज्यपाल ने की प्रदेशवासियों से अपील

गोपाल भार्गव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि ग्राम पंचायत जितनी राशि कराधान द्वारा वसूल करेगी उससे दोगुनी राशि राज्य सरकार अपने खाते से ग्राम पंचायत के विकास के लिये देगी श्री भार्गव ने जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान में स्व कराधान और डिजिटल ट्रांजेक्शन विषय पर आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला में कहा कि ग्राम स्वराज की अवधारणा तभी साकार होगी जब पंचायतें आर्थिक रूप से मजबूत होगी इसके लिये पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों के प्रति भी सचेत रह कर कार्य करें उन्होंने कहा कि पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को असीमित अधिकार प्रदान किये गये हैं जिनका उपयोग वह पंचायत के समग्र विकास के लिये करें उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से जनहित में करारोपण करने और वसूल करने की अपील की है उन्होंने कहा कि डिजिटिलाइजेशन के बाद देश में नगद मुद्रा का चलन कम हुआ है प्रदेश की ग्राम पंचायतें शत प्रतिशत डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रही हैं अजय सिंह प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उसमें गरीबों की नहीं उनके वोट की चिंता है श्री सिंह कल कटनी जिले के विजय राघवगढ़ में अपनी दो दिवसीय पांचवीं न्याय यात्रा की समापन सभा में बोल रहे थे

श्री सिंह ने अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह द्वारा गरीबों के लिए किए गए कामों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने चुनावी साल के छह महीने पहले यह काम नहीं किए थे बल्कि चुनाव जीतने के दूसरे तीसरे साल में ही किए थे वर्तमान सरकार चुनाव के पहले नाटक कर रही है श्री सिंह ने पिछले दो दिनों में कटनी जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क और दो दर्जन से अधिक जनसभाएं की जनआशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा आज और कल सागर संभाग के दमोह पन्ना और छतरपुर जिलों में रहेगी

र्व पटेरा पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे श्री चौहान जनआशीर्वाद यात्रा के इस चरण में कई सभाओं को संबोधित करेंगे

इस यात्रा में वे प्रदेश के सभी विघानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे प्रोजेक्ट प्रदर्शनी तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने कहा है कि पॉलीटेक्निक कॉलेजों में छात्रों द्वारा बनाये जाने वाले प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी जिला संभाग और राज्य स्तर पर लगाई जायेगी श्री जोशी ने सार्थक तकनीकी शिक्षा एवं मानव संसाधन का उचित नियोजन विषय पर आयोजित कार्यशाला में बताया कि युवाओं को हनरमंद बनाने के लिये स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि पहले परम्परागत हुनर मिलता था और बेरोजगारी की समस्या नहीं होती थी

ग्रामीणों को तकनीक से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेंगा साइनेज बोर्ड़ धार्मिक न्यास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विभाग के तहत आने वाले सभी मंदिरों में एक सप्ताह में साइनेज बोर्ड लगाने के निर्देश दिये हैं श्रीमती सिंधिया ने अपने विभाग की समीक्षा करते हुए इसके अंतर्गत आने वाले पाँच बड़े मंदिरों मैहर पश्पतिनाथ सिद्देश्वर शनिश्चरा और होडा माता मंदिर में दीप स्तंभ स्थापित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से सभी कार्यो को समय सीमा में पूरा करने को कहा है

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के करदाताओं की सख्या में वृद्धि पूरे देश में करदाताओं की वृद्धि के औसत से अधिक है इस विशाल कर संग्रहण का श्रेय कर प्रशासन के साथ साथ देश के ईमानदार करदाताओं को भी जाता है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इनकम टैक्स की प्रक्रिया को और सरल बना रही है जिससे आम लोगों तथा सरकार को फायदा होगा राज्यपाल ने यह बात कल आयकर दिवस के अवसर आयोजित समारोह में कही उन्होंने इस अवसर पर वृद्ध आयकरदाताओं और आयकर इन्वेस्टिगेशन और वसूली में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों को शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया

इनमें तीन हजार करोड़ रुपये की लागत वाला इंदौर भोपाल एक्सप्रेस वे और छह हजार करोड़ रुपये की लागत वाला चंबल एक्सप्रेस वे शामिल हैं राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लेने के बाद इन दोनों एक्सप्रेस वे पर काम शुरू हो सकता है नौ सौ छियासी किलोमीटर लंबे इंटर कॉरिडोर और छह सौ उन्यासी किलोमीटर लंबे फीडर रूटों के अलावा मध्य प्रदेश में भारतमाला परियोजना के तहत लगभग तीन हजार एक सौ अस्सी किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों का निर्माण करने की योजना है

बारिश प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है

जबलपुर जिले के बरगी बांध के सात गेट कल शाम खोल दिए गए इसके कारण नर्मदा किनारे स्थित जिलों को अलर्ट किया गया है बरगी बांध के गेट खोले जाने से नर्मदा सहित अन्य सहायक नदियों के जलस्तर में एकदम वृद्धि होने का अनुमान है नर्मदा के किनारे के नौ जिलों जबलपुर सिवनी नरसिंहपुर होशंगाबाद रायसेन देवास सीहोर छिंदवाड़ा और खरगोन के तटवर्ती नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है

बरगी बांध के गेट खोले जाने के कारण रायसेन कलेक्टर ने संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम तहसीलदार सहित अन्य विभागों के अमले को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं श्योपुर जिले में भारी बारिश से पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है पुल पर पानी आने के कारण राजस्थान को जोड़ने वाले कोटा और बारा मार्ग बंद हो गए हैं मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल समेत समूचे प्रदेश में आने वाले दो दिन तेज़ बारिश की आशंका जताई है

कटनी में आयोजित रोजगार मेले में लघू उद्यम राज्यमंत्री संजय पाठक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक साढ़े सात लाख युवाओं को कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार दिलाया जायेगा